श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में शौर्य सम्मान और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए दो कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किये गये

थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रोवत को भी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

यह पीठ राफेल विमान सौदे के मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है ये पुनर्विचार याचिका पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर की गई है

तीसरी पीढी की यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गयी है ये मिसाइल अपना लक्ष्य भेदने में सफल रही इससे पहले कल भी डीआरडीओ ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था

आज जारी किए गये आंकड़ों के अनुसार आलू प्याज फलों और दूध जैसी आवश्यक चीजों की कीमतें जनवरी में तीन दशमलव पांच चार प्रतिशत बढ़ी थीं वहीं फरवरी में वे चार दशमलव आठ चार प्रतिशत बढ़ गई ईंधन और बिजली क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर एक दशमलव आठ पांच से बढ़कर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत पर आ गई

इसमें प्रेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आयोग पहली बार इस तरह की बैठक कर रहा है चुनाव खर्च पर निगाह रखने वाले प्रेक्षकों को कालेधन के इस्तेमाल और शराब या नशीले पदार्थों के जरिए मतदाताओं को लूभाने की कोशिशों को रोकने के तरीके समझाए जाएंगे प्रेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी शामिल रहेंगे

जयपुर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देशभर के पौने तीन करोड किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जा चुकी है उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार को इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों का डेटा उपलब्ध करवाया जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस मामले में उदासीनता बरती

लक्ष्मणगढ में आयोजित हुई जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओ ने भाग लिया सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जनता से किए वादों को पुरा करना शुरू कर दिया

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कल बीकानेर जोधपुर और नागौर में जनसभाएं करेगी

जयपुर में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हए श्री चौधरी ने कहा कि वे पश्चिमी राजस्थान की चार पांच सीटों में से किसी एक सीट से चुनाव लडेंगे जिस पर वे शीघ्र निर्णय करेंगे श्री चौधरी ने बताया कि उनकी सेवा बर्खास्तगी को लेकर उन्होंने कैट में याचिका लगायी है

बैठक में चुनावों के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई अजमेर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढाने के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक में निर्देश दिए कि कार्यक्रमों की थीम इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए महिलाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जाएगा पाली में लोकसभा आमचुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज भटवाडा स्थित आंगनवाडी केन्द्र पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया टोंक में मतदाता जागरूकता के तहत आज जिला कलेक्टर आर सी ढेनवाल ने चार मोबाइल वैन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज दरगाह परिसर में कुल की रस्म आयोजित की गई जिसके बाद जन्नती दरवाजा भी बंद कर दिया गया

इनके साथ ही प्रवेशिका और व्यावसायिक परीक्षाएं भी ली जा रही है

बोर्ड ने नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया है जो परीक्षा कोन्द्रों का औचक निरीक्षण करेंगे

बांसवाड़ा में आज किशोरियों को संतुलित आहार की जानकारी दी गई और उनमें खून की जांच की गई

यह रिश्वत आरा मशीन लगाने की एवज में मौका रिपोर्ट बनाने के लिए मांगी गई थीं

ये सभी लोग आरी का पुरा गांव से मृत्युभोज में शामिल होने बादलपुर गांव जा रहे थे

जयप्र में दोपहर बाद कई जगह बारिश हई जबकि शाम को कहीं कहीं ओले गिरने के समाचार हैं राज्य के अन्य पूर्वी जिलों में भी मौसम में बदलाव के चलते ठंडी हवाओं के असर से सर्दी का अहसास हुआ दौसा में सुबह बूंदाबांदी हुई भरतपुर में ठंडी हवाओं ने लोगों को दिनभर परेशान किया

यह दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे ब्रहस्पतिवार को मनाया जाता है इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस वर्ष के विश्व गुर्दा दिवस का विषय है सभी के लिए सभी जगह स्वस्थ गुर्दा इस अवसर पर देशभर में गुर्दे तथा मधुमेह और उच्च रक्त चाप से गुर्दे को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं